राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर बोल रहे थे इस दौरान व्यापक विकास की जरूरत पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों के लिए कार्य कर रहे शिक्षण संस्थान मंदिर के समान हैं इनमें पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का प्रसाद मिलता है और वह बड़े होकर विभिन्नं क्षेत्रों में विकसित होते हैं जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की कला और समृद्व संस्कृति के विकास की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अवसर और सहयोग दिया जाए तो वह देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्वा आंदोलन का हिस्सा हैं इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक माई गोव इनोवेट प्लेटफार्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं

प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा इधर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए आज रजिस्टेशन का अंतिम दिन है उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठायें

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

कम समय में सबसे तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में भारत का भी नाम शामिल हो गया है

झारखण्ड में कोरोना संकमण के मरीज फिर से मिलने लगे हैं पिछले सप्ताह एक से सात मार्च तक राज्य में कोरोना संकमण की दर शुन्य दशमलव चार प्रतिशत थी जो विगत पांच दिनों में बढ़कर शुन्य दशमलव चार सात प्रतिशत हो गई है वहीं राजधानी रांची में यह एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत पर पहुंच गई है विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि झारखण्ड के लिए यह खतरे की घंटी है और आने वाले पन्द्रह बीस दिन काफी संवेदनशील होंगे चिकित्सकों ने सुझाव दिया है कि आगामी दिनों में हमे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है

डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखनी होगी होली के दौरान विशेष सर्तकता बरतने की जरूरत है

राज्य में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है स्वास्थ्य विभाग के सचिव के के सोन ने सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उन्होंने शनिवार को हुए टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सैंतालीस हजार तीरानब्बे की जगह मात्र सताईस हजार पचीस लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया गया उन्होंने टीकाकरण की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया श्री सोन ने सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण आरंभ कराने को कहा उन्होंने ग्रामीण इलाको में भी टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया पूर्वी सिंहभूम जिले के बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित लाल टांड़ में शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है

खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित कुमार चौबे के निर्देशन में बुजुर्गो की सुरक्षा और अधिकार को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया गया इस दौरान बुजुर्गों के हक अधिकार तथा पारिवारिक उत्पीड़न के वक्त न्यायालय से कानूनी मदद संबंधी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई मौके पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना संबंधी मामलों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गई खूंटी जिले की मुरहु थाना पुलिस ने अवैध अफीम रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है खूंटी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड स्थित विसाहा आदिवासी गांव में आज से तीन दिवसीय सिद्धू कान्हू मेला आरंभ हो गया यह मेला अंग्रेज सरकार के साथ सिद्ध कान्हू की हुई लड़ाई की याद में प्रतिवर्ष लगता है मेले में आदिवासी युवाओं की ओर से पूर्वजों की अंग्रेजों से लड़ाई एवं आदिवासियों पर अंग्रेजों के अत्याचार सहित अन्य विषयों पर आधारित नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जा रहा है आदिवासी संस्कृति एवं आदिवासी रहन सहन और नृत्य भी पेश किया जा रहा है स्थानीय विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि संताल आदिवासियों का सिद्ध कान्हू मेला बहुत ही महत्व रखता है मेले में संताल आदिवासी बड़ी संख्या में आते हैं और नृत्य नाटिका द्वारा अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं इस दौरान उन्होंने संथाल परगना पर केंद्रित विभिन्न कानूनों पर भी चर्चा की पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगली और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है

महिला मोर्चा की टीम ने संस्थान का दौरा कर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए निर्धारित आवश्यक मानकों के बारे में पूछताछ की जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि घटना की जांच के लिए जिला प्रशासन की भी एक टीम बनायी गई है जांच टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है साथ ही टीम को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिले में जितने भी गैर सरकारी संस्थान कार्यरत हैं उनके कार्यो की भी जांच की जाय महिला मोर्चा की मांग पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन छात्राओं के साथ हुई घटना पर गंभीर है भाजपा महिला मोर्चा की जांच टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर सहित अन्य शामिल थे

सभी खिलाड़ी आज शाम हरियाणा के लिए रांची से रवाना हो गए

चयनित खिलाड़ियों में सिमडेगा के रीतिक रोशन लकड़ा अमित बारू निर्मेश तिर्की सुमित बरवा विशाल लकड़ा कमल चीक बड़ाईक अमित तिर्की बिनित टोप्पो कुलदीप बारला व नवल टाटा हॉकी एकेडमी से चयनित होने वाले सिमडेगा के खिलाड़ी दीपक सोरेंग एडिसन मिज असीम एक्का अभिषेक तिग्गा शामिल हैं टीम में अन्य खिलाड़ियों में प्रभात समद जेम्स नाग सुखनाथ गुड़िया एवं निमित्त डोडराय शामिल हैं

क्वार्टर फाइनल में हरियाणा का मुकाबला हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के साथ झारखंड का मुकाबला दिल्ली के साथ ओडिशा का मुकाबला पंजाब के साथ और बिहार का मुकाबला उत्तर प्रदेश की टीम के साथ होगा

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंगलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी ट्वेंटी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है